सम्मेलन का विषय है उन्नत भविष्य के लिए आर्थिक विकास यह छठा अवसर है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट सन्देश में कहा कि वे विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सहयोग पर ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ बातचीत के इच्छुक हैं श्री मोदी ने कहा कि बेहतर आर्थिक सम्पर्क ब्रिक्स देशों के लिए भी अच्छे संकेत हैं प्रधानमंत्री ब्रिक्स व्यापार मंच के समापन समारोह में भी शामिल होंगे ब्रिक्स व्यापार परिषद की बैठकों के लिए नोडल संगठन भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के एक अधिकारी ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि भारत का बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भाग ले रहा है

भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के प्रमुख व्यापारिक नेता एक दूसरे के साथ अधिक व्यापार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाएंगे इस दिशा में ब्राजिलिया में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद सभी ब्रिक्स देशों के व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसियों के बीच एक ब्रिक्स समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है कल की ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की बैठक में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के समर्थन को बढ़ाने के प्रयास भी होंगे

ग्रूनानक देव जी का जन्म चौदह सौ उन्हत्तर में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन है आ था इस अवसर पर लखनऊ के नाका ग्रूद्वारे की ओर से डीएवी कालेज परिसर में विशेष समारोह का अयोजन किया गया

इस अवसर पर श्री गुरूग्रन्थ साहिब जी और सिक्ख इतिहास से जुड़ी झाकियां और शोभा यात्रायें भी निकाली गयीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरू नानक जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक श्रभकामनायें देते हुए उनर्के मंगलमय जीवन की कामना की है अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि गुरू नानक की शिक्षायें सभी धर्मो के लिए अनुकरणीय है उनकी शिक्षाये हमें समार्जोत्थान के लिए प्रेरित करती हैं

उन्होंने कहा कि गुरूनानक जी की शिक्षायें आज भी प्रासांगिक हैं आज से पाँच सौ पचास वर्ष पहले जिस प्रकाश प्रंज का जन्म हुआ था उसका प्रकाश आज भी फैल रहा हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूद्वारे के आसपास कोई भी भूखा नहीं रहता लंगर भले ही ॅसिक्खों का होता हो ॅपर यहाँ हमेशा ही भाईचारा नजर आता है उन्होंने कहा कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया गुरू का प्रकाश पर्व मना रहा है श्री योगी ने कहा कि ग्रूनानकदेव जी कर्के सभी स्थानों को चिन्हित कर पर्यटन विभाग उसका सौन्दर्यीकरण करायेगा

उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने की सिक्ख समुदाय को बधाई दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब से कुछ देर पहले इस बारे में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है राज्य की राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक हुई जिसमें महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गयी थी

यह दिवस उन्नीस सौ सैतालिस में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और आखिरी बार आने की स्मृति में हर वर्ष मनाया जाता है उस दिन राष्ट्रपिता ने विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ठहराए गए विस्थापितों को आकाशवाणी से संबोधित किया था इस अवसर पर आकाशवाणी के लाखों श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए प्रसार भारती अध्यक्ष डॉ ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि इतिहास में यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी आकाशवाणी स्ट्रिडियो में आए थे

इस अवसर पर उन्होंने केन्द्रीय राज्यमंत्री को प्रदेश में खादयान्न उत्पादन एवं कृषि की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया श्री शाही ने केन्द्रीय राज्यमंत्री से वर्तमान रबी सत्र में उत्तर प्रदेश के छः लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया

श्री शाही ने इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री को भारत सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों के हित में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी

ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान और दान पुण्य करने से मनोकामनाये पूरी होती ह प्रयागराज वाराणसी अयोध्या और मथुरा सॅहित विभिन्न स्थानों पर सुबह होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा यमुना और सरयू में स्नान के लिए उमड़ पड़ी वाराणसी कानपुर चित्रकूट फर्रूखाबाद और उन्नाव के सभी गंगा घाटों पर कल रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गयी थी नदियों के घाटों पर सुबह से शंख मंजीरा के साथ भजन कीर्तन े के बीच दिनभर जय उदघोष के साथ माहौल गुजायमान रहा वाराणसी में गंगा नदी में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ मन्दिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की यहाँ के प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट अस्सी घाट राजघाट और पंचगंगा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इन्तजाम किये गये थे मेरठ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाट पर तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है

बिजनौर जौनपुर पीलीभीत मिर्जापुर सहित विभिन्न जनपदों में लोगों ने विभिन्न नदियों में स्नान करने के बाद आज मन्दिरों में प्रजा अर्चना की कार्तिक प्रणिमा के अवसर पर राज्य सरकार ने प्रमुख नदियों के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये थे

इस अवसर पर गंगा घाट पर ग्यारह लाख दीपक जलाये गये मॉ गंगा के अविरल धारा में बहते हुए दीपक अनोखी छठा बिखेर रहे हैं बाइट दोपहर बाद से ही काशी के घाट पर लोगों की भीड उमडनी शुरू हो गयी थी सूर्यास्त के बाद गंगा के घाट जगमग दीपों से सराबोर हो उठे गंगा घाट पर दीपक के रूप मेँ सजी दीप माला की रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे घरती से लेकर आकाश के बीच के सारे अंधेरे सिमट गये हों इस अद्भुत छठा का देश के विभिन्न भागों से आये श्रद्दालू और विदेशो पर्यटक नजारा ले रहे हैं

महादेव शिव की नगरी काशी में देव दीपावली का विशेष महत्व हं ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षणी का वध करके इसके आतंक से लोगों को मुक्ति दिलायी थी जिससे खुश होकर देवताओं ने काशी में दीपक जलाकर दीपावली मनायी थी इसके बाद से ॅकाशी में कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली मनाये जाने की परम्परा शुरू हुई मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार वाराणसी यह प्रदेश में दूसरा अवसर है जब काशी में गंगा तट पर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिटटी के दिये जलाये गये हैं इससे पहले अयोध्या में दीपावली के अवसर पर पांच लाख इक्यावन हजार दिये जनाकर विश्व रिकार्ड बनाया गया था देव दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू और चित्रकूट में मंदाकिनी के रामघाट पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है जौनपुर में गोमती नदी के तट पर श्री देव दीपावली समिति गोकुलघाट द्वारा देव दीपावली धूमधाम से रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनायी गयी

इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है रेलवे के सूत्रों के अनुसार इस ट्रैंक पर डाउन लाइन की पटरी के क्षतिग्रस्त होने से कई ट्रेनों के संचालन में देरी हुई